प्रदेश की सभी पंचायतों को ई ग्राम सचिवालय व लोकमित्र केंद्र पायलट परियोजना से जोड़ेगी सरकार

राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में शिमला के पीयूष शर्मा ने जीता कास्यं और पदक राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने दी बधाई कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें क्षयरोग राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन में हिमाचल प्रदेश को देशभर में अव्वल आंका गया है

प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि केंद्र सरकार ने क्षय रोग उन्मूलन के लिए राज्य व जिला स्तरीय उप राष्ट्रीय प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया है इसके अंतर्गत इस वर्ष फरवरी में एक सर्वेक्षण किया गया था और कल विश्व टीबी दिवस पर इसका परिणाम घोषित किया गया लाहौल स्पीति जिले को रजत पदक जबकि ऊना कांगड़ा हमीरपुर और किन्नौर ज़िले को कास्य पदक से नवाजा गया है परियोजना प्रदेश की सभी पंचायतों को ई ग्राम सचिवालय और लोकमित्र केंद्र पायलट परियोजना से जोड़ा जाएगा

उन्होंने कहा कि ये पायलट परियोजना हिमाचल में पहली परियोजना है और ई ग्राम सचिवालय में लोगों को सभी सुविधाएं मिलेगी ई ग्राम सचिवालय व लोकमित्र केंद्रों से लोग जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र विवाह प्रमाण पत्र और परिवार की नकल कॉपी ऑनलाईन प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा ड्राईविंग व हथियार लाईसेंस आधारकार्ड राशनकार्ड और पासपोर्ट के लिए भी आवेदन किया जा सकता है

श्रद्वाजंलि मंडी के पूर्व सांसद स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए आज मंडी में एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र सहित जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाक्र शिक्षा मंत्री गोविंद ठाक्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और अन्य नेताओं ने रामस्वरूप शर्मा को श्रद्वांजलि अर्पित की इस मौके पर उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन भी रखा गया बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि रामस्वरूप शर्मा का निधन पार्टी व समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है जयराम ठाकुर ने कहा कि रामस्वरूप शर्मा के सपनों को सभी के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा लाहौल वैक्सीनेशन जनजातीय ज़िले लाहौल स्पिति में वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्यापक स्तर पर कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है क्षेत्रीय अस्पताल केलंग सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र काजा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दरचा जहालमा और थोलंग में आज टीकाकरण अभियान में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया

पुस्तकालय राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में पुस्तकालय व सम्मेलन कक्ष का उदघाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में लोगों में पुस्तकें पढ़ने का शौक कम होता जा रहा है और कर्मचारियों में पुस्तकें पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए ही राजभवन में पुस्तकालय खोला गया है बंडारू दत्तात्रेय ने इस पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकों का संकलन करने के निर्देश दिए

सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने चारों नगर निगमों में भाजपा की जीत का दावा किया है मंडी में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावों से पहले ही अपनी हार मान ली है और कांग्रेस नेता तथ्यहीन ब्यानबाजी कर रहे है सुरेश कश्यप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में बिखराव की स्थिति है और हर नेता खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार समझ रहा है एक सवाल के जवाब में भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि विधायक अनिल शर्मा नगर निगम चुनाव में भाजपा के लिए काम करेंगे और यदि उनके कार्यो में अनुशासनहीनता नज़र आएगी तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी कांग्रेस कांग्रेस पार्टी ने भी नगर निगम चुनावों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी है पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने सोलन नगर निगम चुनाव के लिए चार पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं इसके अलावा मंडी धर्मशाला और पालमपुर नगर निगम में भी कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं मीडिया प्रचार सूचना व प्रसारण मंत्रालय और केन्द्रीय व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की अंतर मीडिया प्रचार समन्वय समिति की बैठक आज शिमला में हुई जिसमें केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया बैठक का आयोजन पत्र सूचना कार्यालय शिमला द्वारा किया गया आज की बैठक कोविड से सुरक्षा के लिए टीकाकरण के महत्व पर आम जनता को जागरूक करने के लिए किए गए प्रयासों पर केंद्रित रही इस दौरान कोरोना मामलों में वृद्धि से लड़ने के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन पर जोर दिया गया टेबल टेनिस राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शिमला के पीयूष शर्मा को राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है व्हील चेयर पर टेबल टेनिस खेलने वाले पीयूष शर्मा प्रदेश के पहले खिलाड़ी है राज्यपाल ने कहा कि पीयूष शर्मा ने प्रदेश का नाम रोशन किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि पीयूष शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और वे अन्य दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं मारकंडा जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल स्पीति ज़िले में स्नो फैस्टिवल के तहत आयोजित खेल कूद प्रतियोगिता का समापन किया इस दौरान रस्साकस्सी तीरंदाजी और बुनाई जैसी पारम्परिक प्रतियोगिताएं करवाई गई मारकंडा ने कहा कि साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही चंद्रभागा नदी में रिवर राफ्टिंग शुरू की जाएगी वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने अधिकारियों को गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत वाले क्षेत्रों में लोगों को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं उना जिले के थानाकलां में अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

धुमल पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को रोकने के लिए लोगों से सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है हमीरपुर जिले में आज अपने आवास पर उनसे मिलने आए रोहडू भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने डट कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है धूमल ने प्रतिनिधिमंडल से केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के आहवान भी किया